ऑटोमोबाइल सेक्टर में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में प्रदेश के पहले आदर्श थाना और पुलिस आवास परिसर का लोकार्पण किया

माओवादी मुठभेड़ दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हई मुठभेड़ में एक वर्दीधारी माओवादी मारा गया वहीं एक जवान घायल हो गया है हमारे दंतेवाड़ा संवाददाता नरेश मिश्र ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम को इस इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर सर्चिंग के लिए रवाना किया गया था

यह डम्प माओवादियों ने एमएमसी जोन को ध्वस्त करने के इरादे से लगाया था डंप से बारह बोर की एक बंद्क आईईडी में प्रयुक्त होने वाला दो बंडल वायर एक नग पेपर कटर के साथ बड़ी मात्रा में माओवादी साहित्य बरामद किया गया है जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने इस सफलता के लिए मलौदा कैम्प पहुंचकर सुरक्षा बलों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें दस हजार रूपये का नगद पुरस्कार भी प्रदान किया वहीं कांकेर जिले के चहचाहड़ गांव से सुरक्षा बलों ने पांच किलो का आईईडी बरामद किया है यह विस्फोटक माओवादियों ने दुर्गकोंदल से कोदाखापा जाने वाले मुख्य मार्ग पर लगाया हुआ था बाद में बम निरोधक दस्ते की टीम ने इस विस्फोटक को निष्क्रिय कर दिया ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑटोमोबाइल सेक्टर में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है देश के एक प्रमुख आर्थिक अखबार द्वारा विभिन्न राज्यों में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में किए गए विश्लेषण में यह बात कही गई है जारी रिपोर्ट के अनुसार इस साल अप्रैल से लेकर सितंबर माह के बीच ऑटोमोबाइल सेक्टर में छत्तीसगढ़ ने तेरह प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है पश्चिम बंगाल सात प्रतिशत वृद्धि के साथ दूसरे और बिहार तथा असम चार चार प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है गांधी विचार पदयात्रा महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती पर आयोजित गांधी विचार पदयात्रा आज पांचवे दिन ग्राम सिलीडीह से रवाना होकर कानामुका और कचना पहुंची कचना में आयोजित कार्यक्रम में महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने कहा कि गांधी जी के नैतिक मूल्यों और आदर्शों पर चलकर राज्य सरकार अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर रही है उन्होंने लोगों से गांधी जी के बताए अनुसार कार्य करने का आह्वान किया जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही है कचना से रवाना होने के बाद ग्राम राखी पहुंचने पर पदयात्रा का ग्रामीणों ने स्वागत किया इस मौके पर विधायक मोहन मरकाम और धनेन्द्र साहू ने राखी और भरेंगाभाटा में आयोजित आमसभाओं को संबोधित किया मुख्यमंत्री आदर्श थाना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर में प्रदेश के पहले आदर्श थाना और पुलिस आवास परिसर का लोकार्पण किया करीब डेढ़ करोड़ रूपये की लागत से आमानाका थाना को हाईटेक बनाकर आदर्श थाने का रूप दिया गया है वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा पुलिस लाइन परिसर में करीब सात करोड़ रूपये की लागत से प्रधान आरक्षक आरक्षक आवास परिसर बनाया गया है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यातायात सुरक्षा नियमों के प्रति जन जागरूकता के लिए लघु फिल्म का वीडियो जारी किया उन्होंने चारपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने और दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का संदेश दिया कार्यक्रम में गृहमंत्री ताम्रध्यज साहू वन मंत्री मोहम्मद अकबर सहित पुलिस के आला अफसर और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे

यह घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेमेतरा जिले के बेरला में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञानयज्ञ सत्संग कार्यक्रम में की उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा के दिन प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में गौ माता की पूजा कर गौवंश को खिचड़ी खिलाने की परंपरा है श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार गौ वंश के संरक्षण के लिए गौठानों का निर्माण कर रही है उन्होंने लोगों से गौठान के लिए चारे की व्यवस्था करने और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करने का अपील की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शब्दभेदी बाण में निपुण स्वर्गीय कोद्राम वर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया इसके अलावा भिंभौरी में संचालित जनता उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय का नामकरण पूर्व प्राचार्य और शिक्षाविद् स्वर्गीय रतनलाल टिकरिहा के नाम पर करने की घोषणा भी की विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर रावण उसके पुत्र मेघनाद और भाई कुम्भकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है वहीं राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में दशहरा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है राजधानी रायपुर की डब्ल्यूआरएस कॉलोनी रावण भाटा और सप्रे शाला मैदान में रावण दहन का बड़ा आयोजन किया गया है यहां रावण कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों के दहन के साथ ही आतिशबाजी भी आकर्षण का कोन्द्र रहती है इसके अलावा रायपुर के शंकर नगर चौबे कॉलोनी डंगनिया सहित कई क्षेत्रों में भी दशहरा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डब्ल यूआरएस कॉलोनी और रावणभाटा में आयोजित दशहरा उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे आरएसएस स्थापना दिवस राष्ट्रीय स्वयं सेवक आरएसएस के स्थापना दिवस पर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में संघ सेवकों ने पथ संचलन किया इस दौरान शस्त्र की पूजा भी की गई इस अवसर पर भिलाई के हाउसिंग बोर्ड स्थित स्कूल प्रांगण में संघ के संस्थापक डॉक्टर हेड़गेवार और गुरू गोलवलकर का स्मरण कर स्वयं सेवकों ने शस्त्र पूजन किया बस्तर दशहरा पचहत्तर दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा के तहत आज विजयादशमी के अवसर पर परंपरानुसार भीतर रैनी विधान की रस्म पूरी की जा रही है

इस मौके पर विभिन्न स्थानों परं बाजे गाजे के साथ प्रतिमाएं विसर्जन के लिए ले जाई जा रही हैं राजधानी रायपुर में खारून नदी पर स्थित महादेवघाट पर प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है परंपरा के अनुसार ज्योति कलश का विसर्जन किया गया जवारा विसर्जन के लिए शोभायात्राएं भी निकाली गईं पुलिस प्रशासन ने प्रतिमाओं और जवारा विसर्जन के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास में छत्तीसगढ़ के राजकीय पुश वन भैंसा पर विशेष पोस्टल आवरण का विमोचन किया मुख्यमंत्री के रायपुर स्थित निवास में कल नौ अक्टूबर को सुबह ग्यारह बजे से भेंट मुलाकात का कार्यक्रम जन चौपाल आयोजित किया जाएगा पुलिस अधीक्षक कार्यालय रायपुर में आज शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए रायपुर कलेक्टर डॉक्टर भारतीदासन ने निर्धारित मानक से तेज आवाज में बजने वाले ध्वनि यंत्रों को जब्त करने के निर्देश दिए हैं धमतरी जिले में कुरूद के पास बीती रात हुए एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों की मौत हो गई